उन्होंने बताया कि सरकार प्रतिदिन तीस किलोमीटर सडक बनाने का लक्ष्य हासिल कर चुकी है नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उदघाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश में सडक दर्घटनाओं में चार सौ पन्द्रह लोगों की प्रतिदिन मौत हो जाती है उन्होंने कहा कि सरकार सडक तकनीक और मानकों को लाग करके सड़क दूर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्व हैं इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जागरूकता को एक महीने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है इस प्रक्रिया को निरंतर बनाये रखना चाहिए इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सडकों को गड्डा मुक्त करने के लिए काम चल रहा है प्रदेश के सभी जिलों में भी आज समारोहपूर्वक सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत की गयी कई जिलों में प्रचार रथ के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों की लोगों को जानकारी दी गयी साथ ही साक्यानियों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया प्रदेश विधान परिषद की बारह सीटों पर होने वाले चुनाव के लिये आज नामांकन के अन्तिम दिन भारतीय जनता पार्टी के दस प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया पर्चा दाखिल करने वालों में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अरविंद क्मार शर्मा लक्ष्मण आचार्य गोविद नारायण श्क्ल क्वर मानवेन्द्र सिंह सलिल विश्नोई अश्वनी त्यागी धर्मवीर प्रजापति और सुरेन्द्र चौधरी शामिल रहे समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन और राजन्द्र चौधरी के रूप में अपने दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं दोनों ही प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं इसके अलावा आज ही कानपुर के महेश चन्द्र शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे नामांकन पत्रों की जांच कल होगी इकतीस जनवरी को विधान परिषद की बारह सीटें रिक्त हो रहीं हैं प्रदेश में कोविड़ वैक्सीन की पहली खुराक के बाद बाकी स्वास्थ्य कर्मियों को आगामी बाईस जनवरी को टीका लगाया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि सोलह जनवरी को कोविड नाइन्टीन टीकाकरण तीन सौ सत्रह केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की प्रदेश के अपर मुख्य सविव सूचना नवनीत सहगत ने तखनऊ में बताया कि टीकाकरण का कार्य भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और योजना के अनुसार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बारे में किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है और इस क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा

राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्तानबे दशमलव जीरो सात प्रतिशत हो गई है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार तखनऊ देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर छानबे दशमलव पांच नौ प्रतिशत हो गई है अब तक एक करोड़ दो लाख ग्यारह हजार से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं संक्रमण से प्रतिदिन ग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार पन्द्रह हजार से नीचे बनी हई है पिछले चौबीस घंटे में तेरह हजार सात सौ अट्ठासी नये मामले सामने आये और इसी अवधि में चौदह हजार चार सौ लोग संक्रमण से ठीक भी हए ठीक होने वालों की संख्या मौजूदा सक्रिय मामलों का पचास गुना से भी अधिक है इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल एक दशमलव नौ सात प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे में देश में पांच लाख अड़तालिस हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई अब तक अट्ठारह करोड़ सत्तर लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है केन्द्र सरकार और भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देश में कोविड जांच की क्षमता को लगातार बढ़ाया है और अब यह प्रतिदिन पन्द्रह लाख जांच के स्तर पर पहंच गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इकतीस जनकरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में उनमें से क्छ विचारों पर चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं